देशभर के एक सौ सोलह जिलों में बिहार के बत्तीस जिले इस अभियान में शामिल

कल अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जायेगा

और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरूआत की इस अभियान की शुरूआत खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड अन्तर्गत तेलिहार गांव से हुई देश के एक सौ सोलह जिलों में यह अभियान शुरू किया गया है जिसमें बिहार के बत्तीस जिलों को शामिल किया गया है वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस योजना की शुरूआत करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर आधारभूत ढांचा निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा बाईट आज खगड़िया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान इसी भावना इसी जरूरत को पूरा करने का बहुत बड़ा माध्यम है

हमारा प्रयास है इस अभियान के जरिए श्रमिकों और कामगारों को घर के पास ही काम दिया जाए प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे चाहते है कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो बाईट लदाख में हमारे वीरों ने जो बलिदान दिया देश तो सेना पर गर्व करता ही है लेकिन आज जब मैं बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं गौरव के साथ इस बात की जिक्र करना चाहूंगा कि ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है हर बिहारी को इसका गर्व होता है और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है उनके प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवाजनों को भी आज जब बिहार से बात कर रहा हूं तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश आपके साथ है देश सेना के साथ है देश के उसके उज्जलवल भविष्य के लिए कृतसंकल्प है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज से गरीब ग्रामीण जनता के कल्याण और रोजगार के लिए एक व्यापक अभियान की शुरूआत की जा रही है उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश गरीब लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और यह अभियान उनकी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है इसके माध्यम से गरीब ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे बाईट आज का दिन बहुत ऐतिहासिक आज गरीब के कल्याण के लिए उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों बहनों बेटियों के लिए इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं वो जब तक अपने गांव में हैं अपने गांव को आगे बढ़ना चाहते हैं श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई कुशल कामगार अपने घर लौट गए ऐसे में इन कुशल मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण को बढ़ावा देकर संकट की इस घड़ी को अवसर में बदलना चाहती है बाईट मेरे श्रमिक भाई बहनों के इस काम को जब मैंने जाना उनके देशभक्ति को उनके कौशल ने मुझे मेरे मन को एक प्रेरणा दी उसी में से मुझे आइडिया आया कि ये कुछ करने वाले लोग हैं और उसी में से इस योजना का जन्म हुआ है कि आप सोचिए इतना टैलेंट इन दिनों वापस आने गांव लौटा है देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम हनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे बिहार के विकास को कितनी नई ऊर्जा मिलेगी नई गति मिलेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि मजदूरों को उनके घर के पास ही रोजगार मिले उन्होंने कहा कि अब तक ये मजदूर शहरों के विकास में योगदान देते रहे लेकिन अब वे अपने गांवों का विकास करेंगे श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर पचास हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं बनाई जा सकेंगी उन्होंने कहा कि मजदूरों के कौशल की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें उनके हुनर के हिसाब से रोजगार दिया जा सके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों ने जिस तरह से इस संकट का सामना किया है वह शहरों के लिए एक बड़ी सीख है श्री मोदी ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी के मौजूदा समय में इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांवों में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कर्ज न लेना पड़े उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरूआत की गई है और इस अभियान के शुरू होने के कुछ सप्ताह के भीतर ही इस पर पौने दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चूके हैं श्री मोदी ने कहा कि तीन महीने में अस्सी करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि दस हजार करोड़ रूपये से ज्यादा की राशि बीस करोड़ महिलाओं के जन धन खाते में सीधे डाली गई उद्घाटन समारोह में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री ने भी भाग लिया इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मुखिया सहित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और जीविका दीदियों से संवाद किया यह अभियान बारह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से शुरू किया गया है जिसमें ग्रामीण विकास पंचायती राज सड़क परिवहन और राजमार्ग खान पेयजल और स्वच्छता पर्यावरण रेलवे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सीमा सड़क दूरसंचार और क्रषि मंत्रालय शामिल हैं यह अभियान उन जिलों में चलाया जाएगा जहां लौटे प्रवासी मजदूरों की संख्या पच्चीस हजार से ज्यादा है इनमें सत्ताईस आकांक्षी जिले भी शामिल हैं योजना को मिशन मोड में एक सौ पच्चीस दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इसके तहत प्रवासी मजदूरों को पच्चीस विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उदघाटन समारोह को संबोधित करते हये मूख्यमंत्री नीतीश कृमार ने केन्द्र से अनुरोध किया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में वस्तु और सेवा कर जीएसटी और आयकर में छूट दी जाये इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य के प्रवासी कामगारों को काफी कष्ट हुआ है और अब वे बिहार के बाहर नहीं जाना चाहते हैं और यहीं काम करना चाहते हैं प्रदेश के विभिन्न भागों में कोरोना संक्रमण के नये नब्बे मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या सात हजार तीन सौ अस्सी हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की पहली अपडेट के अनुसार आज औरंगाबाद जिले में संक्रमण के सबसे ज्यादा इक्कीस मामले सामने आये हैं बांका में अठारह समस्तीपुर में पन्द्रह और दरभंगा में ग्यारह कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है जहानाबाद में छह सुपौल में पांच मधेपुरा और पूर्णियां में चार चार तथा पटना में दो मामलों की पुष्टि हुई है वहीं वैशाली भागलपुर गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में एक एक मामले सामने आये हैं अब तक राज्य में पांच हजार तीन सौ सड़सठ मरीज स्वस्थ हो चुके हैं एक लाख इक्यावन हजार से अधिक नमूनों की जांच की गयी है वहीं कोविड उन्नीस महामारी से प्रदेश में उनचास लोगों की मृत्यु हुई है इधर देश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर तीन लाख पंचानवे हजार अड़तालीस हो गयी है वहीं कोविड उन्नीस से ठीक होने की दर चौवन दशमलव एक दो प्रतिशत हो गई है अब तक देशभर में कुल दो लाख तेरह हजार आठ सौ इकतीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान नौ हजार एक सौ बीस मरीज ठीक हुए फिलहाल देश में एक लाख अड़सठ हजार दो सौ उनहत्तर मरीजों का ईलाज चल रहा है इस महामारी से देश भर में अब तक बारह हजार नौ सौ अड़तालीस लोगों की मौत हो चुकी है कोविड उन्नीस महामारी से बचाव के लिए चिकित्सकों ने सोशल डिस्टेंस को अनिवार्य बताया है नई दिल्ली स्थित एम्स की वरीय चिकित्सक डाक्टर उमा कुमार ने लोगों को हाथों को बार बार धोने और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है

भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान के अध्यक्ष डाक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड उन्नीस के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में बेहतर स्थिति में है उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस की रोकथाम के लिए उठाए गए उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं बाईट अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है ये वायरस का प्रभाव रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे स्टेशन के मुकाबले में आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डटकर मुकाबला देने में छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा देश में इस दिवस की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ होगी कोविड उन्नीस महामारी के चलते इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किये जा रहे हैं श्री मोदी ने लोगों से अपने घरों में अपने परिजनों के साथ परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करते हुए योग करने की अपील की आयुष मंत्रालय ने लोगों से सुबह सात बजे से अपने घरों में ही योग कर अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने की अपील की है लोगों की सुविधा के लिए कल सुबह सवा छह बजे से द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर योगाभ्यास प्रोटोकॉल का प्रसारण किया जायेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ एक और बड़ी खगोलीय घटना वलयाकार सूर्यग्रहण भी होने जा रहा है विश्व के कई हिस्सों में इसे देखा जा सकेगा पटना समेत प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण मध्यम से तेज वर्षा हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक नब्बे मिलीमीटर बारिश अररिया जिले में रिकॉर्ड की गयी है वहीं मध्रबनी खगड़िया समस्तीपुर बांका सीवान दरभंगा किशनगंज और पटना जिले में कई स्थानों पर पचास मिलीमीटर से सत्तर मिलीमीटर बारिश हुई है मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में अगले चार दिनों तक अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है प्रदेश में बारिश अच्छी होने के साथ कृषि कार्यों में तेजी आयी है अधिकांश जिलों में धान की रोपनी का काम शुरू हो गया हमारे संवाददाता ने बताया कि अरवल जिले में इस खरीफ मौसम में बयालीस हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी बागमती ब्रढ़ी गंडक पुनपुन और महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुये अलर्ट जारी कर दिया गया है जिले के आजम नगर प्राणपुर और कदवां प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है निगरानी जांच ब्यूरो ने जहानाबाद जिले के सिविल सर्जन कार्यालय के लिपिक अनिल कुमार सिंह को तीस हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लिपिक ने शिकायतकर्ता को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी बनाने के एवज में उससे घूस की मांग की थी औरंगाबाद जिले में आद्रा नक्षत्र अवसर पर सोमवार से शुरू होने वाला देव के सूर्य मंदिर अम्बा के सतवाहनी मंदिर और गजना धाम के प्राचीन मेलों को कोविड उन्नीस संक्रमण के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है सहरसा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र में कोसी नदी की उपधारा में एक नाव पलट जाने से दो लोगों की डूबकर मौत हो गयी

देशभर के एक सौ सोलह जिलों में बिहार के बत्तीस जिले इस अभियान में शामिल

कल अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जायेगा

और प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश